इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन मॉनिटर स्क्रीन और पावर बैंक शामिल हैं इन पर जीएसटी की घटी दरें आज से लागू हो रही हैं

म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा श्री रावत ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि अस्पताल निर्माण का काम पूरी तरह से क्वालिटी कन्ट्रोल के साथ किया जाए और अत्याध्यनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ चौबीस घण्टे इसका निर्माण कार्य चलाया जाए वहीं मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों और निजी संस्थानों के चिकित्सकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी अस्पतालों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा इस मौके पर श्री रावत ने कहा कि आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा कि प्रदेश के पर्वतीय भवन निर्माण कला के साथ भवन और घर निर्माण करने वालों को एक मंजिल और बनाने की अनुमति दी जाएगी स्लग नारी निकेतन मुख्यमंत्री ने देहरादून की जिला बाल संरक्षण अधिकारी को नारी निकेतन में रहने वाली बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार उन्मुख कौशल विकास और बागवानी आदि का भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये हैं उन्होने इसके लिए कौशल विकास विभाग से अनुबन्ध करने को कहा मुख्यमंत्री ने आज देहराद्रन स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह नारी निकेतन और राजकीय शिशु गृह पहुंचकर वहां उपस्थित बालक बालिकाओं संवासनियों और बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने संवासनियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नारी निकेतन भवन को रोष्ट्रीय स्तर की आदर्श ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के साथ ही सभी अत्याध्रनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही उन्होंने नारी निकेतन में रहने वाली संवासनियों और बालिकाओं के नियमित हेत्थ चैकअप के भी निर्देश दिए

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह वर्ष सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए और समाज में आपसी प्रेम सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बना रहे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए इस वर्ष राज्य सरकार र्ने क्छ प्रमुख फैसले लिए प्रदेश में हर व्यक्ति तक सहजता से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में ईलाज से वंचित न रहे इसके लिए प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना शुरू की गई है उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए सरल पॉलिसी बनाई गई है निवेश के प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस दी जा रही है मुख्यमंत्री ने नए साल के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प लें स्लग वनाग्नि निर्देश चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने फायर सीजन में जंगलों को आग से बचाने और वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिये हैं आज जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और कठोर कार्यवाही अमल में लाने को कहा इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन हमारी अमूल्य सम्पदा हैं जिसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारियों को जंगल और जंगल के आस पास बसे गांवों के चारों ओर फायर कन्ट्रोल लाइन का कार्य मनरेगा से कराने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि विगत आंकड़ों के आधार पर चिन्हित अति संवेदनशील क्षेत्रों पर पैनी नजर रखी जानी चाहिये उन्होंने वनों में सभी पैदल मार्गों सड़कों के किनारे से पिरूल सुखी पत्तियां आदि ज्वलनशील ईधन की नियमित रूप से सफाई करने के भी निर्देश दिये

अब सरकारी मिलों में गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान संभव होगा इससे जिला ऊधम सिंह नगर नैनीताल और देहरादून के गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी हल्द्वानी में गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल ने बताया कि सरकार ने सरकारी मिलों में गन्ना किसानों के बकाया राशि के भुगतान के लिए धनराशि जारी कर दी है

सरकार ने चीनी मिल से चीनी बिक्री पर रोक लगाकर रिसीवर तैनात कर दिया है अब रिसीवर इकबालपुर चीनी मिल से स्टॉक की हुई चीनी को बेचकर गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि की है

स्वास्थ्य सचिव नितेश झा ने ये जानकारी दी

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में राज्य के सभी परिवारो को कवर किया है और इसमें कैशलैस ईलाज का प्रबंध किया गया है इन्श्योरेंस में आने वाली दिक्कतों को देखते हए योजना को ट्रस्ट मोड में संचालित किया जा रहा है यह सुविधा राज्य के सरकारी और सुचीबद्ध निजी अस्पतालों में दी जायेगी आपात स्थिति में सुचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार के लिए सीधे भर्ती होने पर यह सुविधा मिलेगी इस योजना में कुल एक हजार तीन सौ पचास प्रकार के रोग अवस्थाओं से सम्बन्धित पैकेजों का चयन किया गया है स्लग कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए

कैबिनेट बैठक में राज्य में पर्यटन स्वास्थ्य चिकित्सा आवास आदि क्षेत्रों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक संशोधन का निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है और इसी के तहत शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा एकल आवासीय छोटे द्वकानदारों व्यवसायियों क्लीनिक पैथोलॉजी लैब एवं नर्सिंग होम और नर्सरी स्कूल आदि निर्माणों को शमन करने का एक अवसर प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है शहरों में सुनियोजित विकास के लिए एक मुश्त समाधान योजना की अवधि की समाप्ति के बाद एक अप्रैल से शमन शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय भी लिया गया है

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के इतिहास को घोटालो का इतिहास करार दिया है उन्होंने कहा कि राफेल पर कांग्रेस क्यों शोर मचा रही थी उसका कारण अब सार्वजनिक हो गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में इटली की कोर्ट ने खुलासा किया है और इटली की कोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ किया है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने समस्त सचिवालय परिवार को नववर्ष की शुभकानाएं दी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड ने काफी प्रगति की है प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दर बढ़ी है उन्होंने इस प्रगति में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की

उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन कार्यालय में तीर्थयात्रा के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जा रहा है